मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों से राज्य सरकार संपर्क स्थापित कर रही है ताकि जल्द से जल्द उनकी मदद की जा सके मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेष में कहा कि अब तक छह लाख से अधिक लोगों से संपर्क कर मदद पहुंचाने का प्रयास किया गया है इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एकजुट और सतर्क रहें यदि लोग पूरी एहतियात ना बरतें तो सभी को कोराना वायरस से खतरा है उन्होंने कहा कि एक दूसरे का सहारा बनें ताकि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हो उनको सामने आने और जांच कराने की हिम्मत मिले देश में कोरोना वायरस के कुल एक हजार आठ सौ चौतीस पुष्ट मामले सामने आए हैं

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दिल्ली के मुख्य वैज्ञानिक रमण आर गंगाखेड़कर ने बताया कि अब तक सैतालीस हजार नौ सौ इक्यावन लोगों की जांच की जा चुकी है उन्होंने कहा कि परिषद ने कोरोना की जांच के लिए एक सौ छब्बीस सरकारी और इक्यावन निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ी है और राज्यों से कहा गया है कि वे संदिग्ध पीडितों की तलाश के लिए गहन अभियान चलायें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की आवाजाही के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि एक हजार आठ सौ लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है श्री अग्रवाल ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में न जाने की अपील की है श्री लव अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव ने राज्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्रवासी कामगारों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की मंत्रिमंडल सचिव ने अधिकारियों से प्रवासी कामगारों के लिए उचित सफाई भोजन पानी और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा राजधानी रांची में कोरोना की एक मरीज मिलने के बाद उपायुक्त राय महिमापत रे ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर सघन जांच अभियान चलाने का निर्देष दिया है इसे लेकर आज रांची के हिन्दपीढ़ी इलाके में एक सौ टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी उधर जिला प्रषासन की टीम ने कल हिन्दपीढ़ी के पांच घरों को खाली करा दिया है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

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ होने पर जोर देना चाहिए क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली का वाहक होता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे इस बैठक में प्रधानमंत्री देष में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई की रिथति और राज्यों की तैयारियों का जायजा लेंगे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों से सुरक्षा के प्रयास में आकाशवाणी समाचार ने तथ्यों की जांच और भ्रामक खबरों का खंडन करने के लिए विशेष पहल की है सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उन खबरों का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि जिनोम में माइक्रो आर एन ए की मौजूदगी के कारण भारतीय नागरिक कोरोना से सुरक्षित हैं ऐसी खबरों में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नॉलोजी आईसीजीईबी में हए कार्य की गलत व्याख्या की जा रही है यह एक फर्जी खबर है क्योंकि आईसीजीईबी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस बारे में सीबीएसई को सलाह दे दी गई है उन्होंने बताया कि बाकी के विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेगा परीक्षा के मूल्यांकन के लिए जल्दी ही निर्देश जारी किये जाएंगे

नौवीं और ग्यारहवीं के छात्रों को भी स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा के लिए उतीर्ण मान लिया जाएगा स्कूल आधारित परीक्षा में छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से भाग ले सकते हैं केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पूरी तरह से लागू करवाएं राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि यह पता लगा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लॉकडउन के तहत दी गई छूटों से अधिक रियायते दी जा रही हैं

उपराजधानी द्मका में कोरोना वायरस को मात देने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है

वायरस की रोकथाम के लिए बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारेंटिंन पर रखना अत्यंत आवश्यक है इसलिए इन क्वारेंटिन सेंटर पर आवश्यक नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं तथा इन सेंटर पर सुरक्षा बल की तैनाती के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं उन्होंने कहा क्वारेंटिंन अवधि से पहले कोई भी व्यक्ति इन सेंटरों से बाहर न निकले दिल्ली के निजामुद्दीन रिथित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए गुमला के छह में से एक व्यक्ति को कल पुलिस ने क्वारेंटीन कर दिया है चिकित्सक ने उसकी स्वास्थ्य की जांच की और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है

स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि मालगाड़ी के खुलने की अफवाह पर ये लोग मालगाड़ी के बोगी में छिप गए थे साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से सीमा सील कर दी गयी है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देष दिया गया है राजधानी रांची सहित राज्यभर में रामनवमी का त्योहार आज सादगी से मनाया जा रहा है कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के कारण इस बार कहीं भी जूलुस नहीं निकलेगा लोग घरों में ही भगवान राम और हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं रांची स्थित तपोवन मंदिर का मुख्य द्वार आज बंद रहेगा और श्रद्वालुओं के प्रवेष पर रोक लगा दी गयी है रामनवमी अखाड़े से जुड़े विभिन्न संगठनों ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने और घरों में ही पूजा अर्चना कर पताका लगाने का आग्रह किया है उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर एक ट्वीट संदेश में लोगों को बधाई दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रामनवमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि श्री राम एक आदर्श पुरूष थे जिन्होंने लोगों को जीने की राह दिखाई थी इसलिए उन्हें मर्यादा पुरूषोत्तम कहा जाता है उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पर रामायण दिखाया जा रहा है और सभी लोग इसे देखकर सीख ले सकते हैं राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने आठ सौ तिरासी दवाओं के मूल्य संशोधन की अनुमति दी है

एनपीपीए दवाओं के रूप में अधिसुचित और विनियमित गैर अनुसुचित चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखने पर नजर रख रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी निर्माता और आयातक बारह महीने से पहले कीमत में दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न कर सकें भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारी सुखदेव सिंह ने कल झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर अपना योगदान दिया श्री सिंह राज्य के तेईसवें मुख्य सचिव हैं इससे पहले श्री सिंह गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव थे

इसे लेकर दक्षिण पूर्व मुख्यालय की ओर से रांची रेल डिविजन को निर्देष दिया गया है लाकॅडाउन को लेकर रांची विमेंस कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गयी हैं